इनमें बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्वासुमन अर्पित किये राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति वैकेया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली रिथित राजघाट पहंच कर महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की श्री मोदी विजय घाट भी गये जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर श्रद्वासुमन अर्पित किये भोपाल में गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गयी प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लालबहादुर शास्त्री को भी श्रद्वासुमन अर्पित किये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री का स्मरण किया गया गांधी जयंती के मौके पर संस्कृति विभाग द्वारा आज शाम भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में महात्मा गांधी अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा

प्रदेश में आज से समाज कल्याण विभाग द्वारा मद्य निषेध सप्ताह की भी शुरूआत की गयी है इस दौरान नशा मुक्ति के लिये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वहीं भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में आज से गांधी फिल्मोत्सव भी शुरू हो रहा है

कैबिनेट निर्णय राज्य सरकार ने अतिथि शिक्षकों और मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय दुगना करने का फैसला लिया है इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले प्रदेश के खिलाड़ी को उप निरीक्षक तथा राष्ट्रीय स्तर पदक विजेता को सीधे आरक्षक पद पर नियुक्ति देने का निर्णय दिया गया है

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सतना और सिवनी में मेडीकल कालेज खोलने और दतिया नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है

पंचायत योजना समग्र विकास के उद्वेश्य से तैयार किये गये ग्राम पंचायत विकास योजना के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का देशव्यापी शुभारंभ आज ग्वालियर से हो रहा है

इसके अंतर्गत मानव विकास और समाज के सबसे गरीब वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जायेगा

कार्यक्रम में ग्वालियर जिले में स्वच्छपूर्ण अभियान के तहत स्वच्छ पंचायत प्रतियोगिता में अग्रणी रही जनपद और ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जाएगा आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन प्रदेश भर से आई आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने और स्थायी करने की मांग को लेकर आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के समक्ष प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पालीटेकनिक चौराहे पर ही रोक लिया जहां प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता अपनी मांगो के समर्थन में नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गये आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर इनका समर्थन किया प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और पानी की बौछारें छोड़ी सपाक्स समाज पार्टी अन्रसुचित जाति जनजाति अधिनियम में किये गये संशोधन का विरोध कर रहे सपाक्स संगठन ने नये राजनैतिक दल का गठन किया है भोपाल में आज हुई बैठक में इस दल का नाम सपाक्स समाज पार्टी रखने का फैसला लिया गया हीरालाल त्रिवेदी इसके अध्यक्ष होंगे

बडी संख्या में लोग स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर रहे है

इस अवसर पर आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये

इनमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है